पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन

राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा आज भी तापमान में गिरावट की संभावना

मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुये मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि जितने भी कॉलेज हैं उन्हें पीजी सेंटर के रूप में अपग्रेड करने की आवश्यकता है राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिये अड़तीस सौ करोड़ रूपये की लागत से एक नई योजना बनायी है लखीसराय जिले की नौ सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि दो साल के अंदर बिहार में कोई भी सड़क जर्जर हालत में नहीं दिखेगी केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि किसानों की समृद्धि के लिये पूरे देश में ई मार्केटिंग व्यवस्था लागू की जा रही है इस पर दो हजार करोड़ रूपये का खर्च आयेगा एक राष्ट्र एक बाजार की तर्ज पर शुरू की गयी यह व्यवस्था वर्ष दो हजार इक्कीस तक पूरे देश में लागू कर दी जायेगी बांका में आयोजित किसान कार्यशाला को संबोधित करते हुये उन्होंने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि फिलहाल देश के पांच सौ पचासी बाजारों को ई मार्केटिंक से जोड़ा गया है नये साल में दो सौ पच्चीस बाजार और जोड़े जायेंगे पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है आज प्रचार का आखिरी दिन है चुनाव प्रचार में विभिन्न छात्र संगठन नुक्कड़ सभाओं से लेकर बाईक रैली तक से जन संपर्क अभियान चला रहे हैं आज सुबह ग्यारह बजे पटना कॉलेज मैदान में प्रेसीडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया है जिसमें अध्यक्ष पद के हर प्रतिभागी पांच पांच मिनट तक अपनी बात रखेंगे इस दौरान विश्वविद्यालय के विकास को लेकर अपना एजेंडा और अपनी दृष्टि को स्पष्ट करेंगे डिबेट के लिये विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी छात्र शिक्षक और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है इस बीच छात्रसंघ चुनाव की तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है पांच दिसम्बर को होने वाले चुनाव में इलेक्टोरल इंक का प्रयोग होगा छात्र इलेक्ट्रोनिक आई कार्ड से ही वोट डाल सकेंगे सीसीटीवी से हर बूथ की निगरानी होगी पूरे चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी कालेधन के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है स्वीटजरलैंड की सरकार भारतीय एजेंसियों को दो कंपनियों और तीन लोगों के बारे में जानकारी देने को तैयार हो गयी है इन कंपनियों और लोगों के खिलाफ भारत में कई जांच चल रही है नगर विकास और आवास विभाग ने आठ सौ तिरानवे अभियंताओं की एक नई इंजीनियरिंग टीम का गठन किया है यह टीम प्रदेश के शहरों के विकास की जिम्मेदारी संभालेगी बुडको के अधीन काम करने वाली इस टीम पर राज्य के एक सौ तिरानवे शहरी निकायों के गली नाली सिवरेज सड़क स्ट्रीट लाइट से लेकर शंप और पंप हाउसों से जुड़ी योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसपर नियंत्रण और अनुश्रवण की जिम्मेदारी होगी इसके लिये तीन सौ सोलह नये इंजीनियरों की बहाली का भी प्रस्ताव है लगभग उन्नीस सौ करोड़ रूपये के सृजन घोटाला मामले में भागलपुर जिला प्रशासन ने घोटाले से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही सुजन को दी गयी जमीन को वापस लेने को फैसला किया है इसके साथ ही आठ विभागों के सरकारी खातों से लगभग नौ सौ उन्नीस करोड़ रूपये की लूट में सृजन के साथ शामिल बैंकों से राशि की वसूली होगी अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों में जागरूकता और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये आज राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर अपने संदेश में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने और समान अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जतायी है और लोगों से दिव्यांग के प्रति सम्मान का भाव रखने की अपील की है केंद्र सरकार ने देश के सभी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये किताबें ड्रेस और परिवहन की खर्च का भरपाई करने का निर्णय लिया है केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने यह घोषणा करते हुये बताया कि दिव्यांग छात्राओं को दो सौ रूपये मासिक अलग से मिलेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक सौ चौंतीसवीं जयंती आज राज्यभर में धूमधाम से मनायी जा रही है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के राजेंद्र घाट पर आयोजित राजकीय कार्यक्रम में राजेंद्र बाबू की समाधि पर श्रद्धासूमन अर्पित करेंगे उनके जन्म स्थान सीवान जिले के जीरादेई में भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जिसमें राज्य के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग भाग लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज मेधा दिवस के रूप में भी मनायी जा रही है इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मैट्रिक परीक्षा के टॉप दस और इंटर परीक्षा की मेधासूची में शामिल टॉप पांच विद्यार्थियों को सम्मानित किया जायेगा ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है राजधानी पटना समेत राज्य के अनेक हिस्सों में हवा में नमी की मात्रा बढ़ने से तापमान में गिरावट देखी गयी मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतर शहरों के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है साथ ही धुंध का असर पर भी पूरे राज्य में दिखेगा सूचना प्रवैधिकी विभाग आज से पटना में दो दिवसीय आइडियाथन का आयोजन कर रहा है सरदार पटेल भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से चयनित बयालीस आईटी स्टार्टअप अपना कौशल प्रदर्शित करेंगे बेगूसराय के बछवाड़ा थाना अंतर्गत रानी झड़िया चौक के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस के किनारे एक अनियंत्रित ट्रक के एक घर पर पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है जिससे दिल्ली गौहाटी मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप्प हो गया है नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड में चोरसुआ पंचायत के मुखिया चंदन कुमार को सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनूसार मुखिया ने पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर लगभग पांच लाख रुपये का गबन किया है इस मामले में पंचायत सचिव विपिन सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है बोधगया के महाबोधि मंदिर में आज से बोधगया में ग्यारह देशों के बौद्ध भिक्षु सुत्त का सस्वर पाठ करेंगे पाठ को लेकर बोधिवक्ष के आसपास अलग अलग देशों के मिक्षुओं के लिए पंडाल बनाए गए है दस दिवसीय अंतरर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ को लेकर कल धम्म यात्रा निकाली गई पटना में खेली गयी प्रथम ओपन राज्य स्तरीय ताइक्वांडों प्रतियोगिता में उन्नीस स्वर्ण पदक के साथ बेगूसराय की टीम विजेता बनी वहीं अठारह स्वर्ण के साथ पटना उप विजेता रहा पांचवी बिहार राज्य सॉफ्ट टेनिस रैंकिंग चैंपियनशिप के महिला एकल में अनुभव भारती ने शानदार जीत दर्ज करते हये खिताब पर कब्जा कर लिया ओडिशा के कटक में खेले जा रहे वीमेंस वन डे क्रिकेट लीग में बिहार महिला सीनियर टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा है उत्तराखण्ड ने बिहार को आठ विकेट से हरा दिया ऑल बिहार शतरंज संघ की नई कार्यकारिणी के लिये संपन्न चुनाव में दलजीत खन्ना को संघ का अध्यक्ष चुना गया है राज्यभर में एक सौ इक्कीस पुलिस अवर निरिक्षको को पुलिस निरिक्षक रैंक में पदोन्नति दी गयी है

एडीजी मुख्यालय ने इस संबध में सूची जारी की है

और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है देश की बासठ प्रतिशत नदियों का दम फूला दैनिक जागरण ने लिखा है जी ट्वेंटी के दौरान मोदी ने बनाया व्यस्त कुटनीति का नया रिकॉर्ड दैनिक भास्कर का शीर्षक है निजी अस्पतालों में पैसे के लिये बिना जरूरत के ही कर देते हैं प्रसव के दौरान सिजेरियन प्रभात खबर की सुर्खी है कलयूग में महामंत्र है राम का नाम मोरारी बापू

पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन

राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा आज भी तापमान में गिरावट की संभावना